प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ में पहली आमसभा को संबोधित किया बालोद जिले में स्थित हथौद गांव के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी पार्टी देश को जिताने और मजबूत सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है

मुख्यमंत्री बीजापुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बीजापुर जिले में चुनावी सभा लेकर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया जनसभा को संबोधित करते हुए श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही दो महीनों के भीतर ही अधिकांश चुनावी वायदों को पूरा कर लिया गया है बाकी वायदे भी पूरे किए जाएंगे लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस अपना वायदा पूरा करेगी लोकसभा चुनाव मतदान लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए अब एक सप्ताह से भी कम समय रह गया है इस चरण के क्षेत्रों में चुनाव प्रचार चरम पर है छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा क्षेत्र में भी पहले चरण में ग्यारह अप्रैल को मतदान होगा इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा सभी प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं बस्तर क्षेत्र से सात उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं वहीं दूसरे चरण के तहत महासमुंद कांकेर और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के लिए अट्ठारह अप्रैल को वोट डाले जाएंगे इन क्षेत्रों के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है इसके अलावा तीसरे चरण के तहत सात लोकसभा क्षेत्रों रायपुर दुर्ग बिलासपुर कोरबा रायगढ़ जांजगीर चांपा और सरगुजा के लिए तेईस अप्रैल को मतदान कराया जाएगा तीसरे चरण के लिए एक सौ अड़तीस अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं अभ्यर्थी आठ अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकेंगे उम्मीदवार आपराधिक रिकॉर्ड लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को अपने अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड की घोषणा मीडिया और अपनी आधिकारिक वेबसाइट में करनी होगी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने अपने कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में यह जानकारी दी

श्री साहू ने बताया कि यदि कोई उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है तो उसे पार्टी को लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होगी उसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार तथा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से नामांकन तथा मतदान पूर्व कम से कम तीन बार सार्वजनिक प्रकाशन या प्रसारण करना होगा राजनीतिक दलों को भी अपने प्रत्याशियों की आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी सार्वजनिक करने की बाध्यता होगी श्री साहू ने बताया कि नामांकन दाखिले के साथ ही सभी उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय के लिए एक अलग बैंक खाते में लेन देन करना होगा अभ्यर्थी निर्वाचन कार्य के लिए दस हजार रूपए से अधिक का भुगतान नकद में नहीं कर सकेगा उम्मीदवार दस हजार रूपए से अधिक का लेन देन सिर्फ चैक ड्राफ्ट या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से कर सकेंगे निर्वाचन आयोग आगाह भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार में रक्षा बलों की गतिविधियों के उल्लेख के खिलाफ फिर से आगाह किया है आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन संबंधी परामर्श जारी किया है आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रचार जाति और साम्प्रदायिक भावना के आधार पर नहीं होना चाहिए परामर्श में निर्वाचन आयोग ने कहा कि भाषणों या पोस्टरों में मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरूद्वारा और किसी भी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं होना चाहिए

इस दौरान उन्होंने सभी मतदान केन्द्रों में छाया पेयजल सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए श्री साहू ने बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गये स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया इसके बाद उन्होंने नोडल अधिकारियों की बैठक भी ली और मतदान केद्रों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए स्वीप रैली मोर रायपुर वोट रायपुर अभियान के तहत आज सुबह अधिकारी कर्मचारियों ने राजधानी रायपुर में मोटरसाइकिल रैली निकालकर लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने के लिए प्रेरित किया रायपुर संभाग के आयुक्त जीआर चुरेन्द्र ने कलेक्टोरेट परिसर से इस मोटरसाइकिल रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया यह रैली कलेक्टोरेट से कचहरी चौक फाफाडीह भनपुरी होते हुए देवेन्द्र नगर गार्डन में सामाप्त हई इस मौके पर लोगों को रायपुर लोकसभा के लिए आगामी तेईस अप्रैल को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई गई यूपीएससी परिणाम संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा दो हजार अट्ठारह के अंतिम नतीजे घोषित कर दिए हैं राजस्थान के कनिष्क कटारिया ने पहला स्थान प्राप्त किया है लड़कियों में भोपाल की सुष्टि जैन देशमुख अव्वल रही इस परीक्षा में कुल सात सौ उनसठ चुने गए अभ्यर्थियों में पांच सौ सतहत्तर लड़के और एक सौ बयासी लडकियां शामिल हैं वहीं इस परीक्षा में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की नम्रता जैन ने बारहवीं रैंक हासिल की है वहीं बिलासप्र के वर्णित नेगी को तेरहवीं रैंक मिली है नम्रता ने वर्ष दो हजार सोलह में हुए यूपीएससी की परीक्षा में निन्यानवां स्थान प्राप्त किया था चैत्र नवरात्र मां शक्ति की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो गया है आज से ही हिन्दू नववर्ष का भी श्भारंभ होता है वहीं देश के विभिन्न भागों में गुड़ी पड़वा और चेट्रीचंड भी आस्था और उल्लास से मनाए जा रहे हैं नवरात्र के पहले दिन राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न देवी मंदिरों में मनोकामना ज्योति कलश की स्थापना की जा रही है इस वर्ष देवी मंदिरों में बड़ी संख्या में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्जवलित किए गए हैं

डोंगरगढ़ रतनपुर चन्द्रपुर खल्लारी और दन्तेवाड़ा के शक्तिपीठों में भी नवरात्र पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं नवरात्र पर्व पर भीड़भाड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं लोकसभा चुनाव विशेष ब्लेटिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा आगामी आठ से चौबीस अप्रैल तक विशेष समाचार बुलेटिन और कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे इस दौरान वर्तमान में प्रसारित किए जा रहे हिन्दी और छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के अलावा सुबह नौ बजकर दस मिनट से नौ बजकर बीस मिनट तक दस मिनट के लिए तथा दोपहर दो पचपन से तीन बजे तक पांच मिनट के लिए विशेष हिन्दी बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा

वहीं हिन्दी एफएम हेडलाइन प्रत्येक दिन तीन बार सुबह नौ बजकर अंठावन मिनट ग्यारह बजकर पांच मिनट और शाम पांच बजकर पांच मिनट पर प्रसारित की जाएगी इसी तरह छत्तीसगढ़ी एफएम हेडलाइन भी शाम पांच बजकर सात मिनट पर प्रसारित होगी इनके अलावा प्रत्येक बुधवार को रात्रि नौ बजकर सोलह मिनट से नौ बजकर तीस मिनट तक लोकसभा चुनाव पर आधारित विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा ये सभी चुनाव पर आधारित विशेष हिन्दी और छत्तीसगढ़ी बुलेटिन आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रसारित किए जाएंगे और छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र इन्हें एक साथ रिले करेंगे जिले की चिटुठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित किया जाएगा